प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों से लॉकडाउन के लागू करने पर दो बार चर्चा कर चुके हैं कोरोना मामले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तीन नए मामले सामने आए हैं ऊना ज़िले के कुठेहड़ा खैरला गांव से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हई है और ये व्यक्ति मौलवी का बेटा है

इधर आईजीएमसी शिमला से कल रात आई रिपोर्ट में भी दो मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है ये दोनों मरीज सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं ये दोनों पीजीआई में कोरोना संक्रमण में मरने वाली महिला के संपर्क में आए थे इस बीच प्रदेश के लिए राहत खबर भी है कि मंडी जिले के नैरचोक स्थित मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन तीसा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव चार मरीजों में से तीन की रिपोर्ट नेगिटिव आई है

सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को यह सामग्री प्रदान की जाएगी ताकि कोरोना संकट की इस घड़ी में सभी सुरक्षित रह सकें उन्होंने कहा कि राशन तथा कोरोना से बचाव के लिए अन्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वीरेन्द्र कंवर ने लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी पीएमजीकेएवाई भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून महीने के दौरान एक करोड़ बीस लाख मीट्रिक टन खाद्यान जारी करने की तैयारी कर रही है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा

अब तक करीब दो करोड़ लाभान्वितों तक मुफ्त राशन पहुंच चुका है आरोग्य सेतु ऐप देश में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी कोई चिंता भी नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें झूठी और बे बुनियाद है सिंगापुर अमरीका ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश तथा ऐप्पल और गूगल जैसी कंपनियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रही हैं डीसी हमीरपुर हमीरपुर ज़िले में डोर दू डोर आपूर्ति व्यवस्था के माध्यम से अब तक डेढ़ लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं

उन्होंने बताया कि सभी शहरी निकायों मे कर्फ्यू में छूट के दौरान आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जा रही है उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जा रहा राशन भी लोगों के घरद्वार तक पहुंचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने लोगों से सामाजिक दूरी बनाये रखने की अपील भी की है

उपायुक्त आरके परूथी ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना वायरस के लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति इस अस्पताल में किसी कर्मी के सम्पर्क में आए बिना अपना सैंपल दे सकता है उन्होंने कहा कि सैंपलिंग स्टेशन में एक सैनेटाईजेशन टनल रजिस्ट्रेशन बूथ मरीजों के लिए वेटिंग हॉल और स्क्रीनिंग रूम व सैंपलिंग बूथ बनाया गया है परूथी ने बताया कि इस प्रक्रिया के लिए ऑनलाईन पोर्टल तैयार किया गया है पैकिंग मैट्रियल शिमला ज़िला प्रशासन द्वारा बागवानों को चैरी खुमानी और बादाम की फसलों की पैकिंग के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है